बायोमैडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में हिमाचल को देशभर में आंका गया अव्वल केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कल लोकसभा में पेश करेंगी अगले वित्त वर्ष का केन्द्रीय बजट और शिमला के निकट संकटमोचन में सड़क दुर्घटना में नव दम्पति की मौत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

आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में सबसे बडा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और अन्य देशों की तुलना में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जितना सक्षम होगा उतना ही अधिक मानवता की सेवा कर सकेगा

उन्होंने आज सब्जी मंडी स्थल का निरीक्षण किया

इससे पहले मुख्यमंत्री ने नारकंडा में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना सुरेश भारद्वाज इस बीच शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के खलीनी में मन की बात कार्यक्रम को सुना उन्होंने युवाओं से नवाचारों के साथ आगे आने का आहवान किया सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शहरी विकास विभाग युवाओं को नवाचारों के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करेगा उन्होंने कहा कि शिमला शहर में अनेक स्थानों पर रीडिंग रूम व ब्क कैफे बनाए जाएंगे पुरस्कार बायोमैडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में हिमाचल प्रदेश को देशभर में अव्वल आंका गया है केन्द्रीय प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड ने विभिन्न राज्यों में तुलनात्मक अध्ययन के बाद हिमाचल को अव्वल आंका

उन्होंने कहा कि बायोमैडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर एलोपैथिक आयुर्वेदिक व पश् चिकित्सा अस्पतालों में प्रभावी कदम उठाए गए हैं वन मंत्री प्रदेश में भेड़पालकों व पश् पालकों के कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज धर्मशाला में एकीकृत विकास परियोजना की बैठक में कहा कि घूमंत् भेडपालकों के आवागमन के रास्तों की मैपिंग करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें सुविधा मिल सके राकेश पठानिया ने भेड़पालकों को संकट की घड़ी में उचित तकनीक वाले उपकरण दिए जाने पर बल दिया राज्य ऊन संघ के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने भी बैठक में भाग लिया

इस वर्ष केन्द्रीय बजट पहली बार केवल डिजिटल रूप में ही उपब्लध होगा और इसे एंड्रोइड और आईओएस प्लेटफॉर्म दोनों पर मोबाइल ऐप यूनियन बजट के माध्यम से देखा जा सकता है दुर्घटना शिमला के निकट संकटमोचन के पास आज दोपहर एक कार के सड़क से नीचे गिरने के कारण नव दम्पति की मृत्यू हो गई मृतक की पहचान दीपक व शिवानी के रूप में की गई है जो समरहिल के रहने वाले थे और दो महीने पहले ही इनकी शादी हुई थी सड़क दुर्घटना में ये दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए और दोनों ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया शिमला के पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने बताया कि ये दम्पति अम्बाला की ओर जा रहा था कि मोड़ काटते वक्त इनकी गाड़ी खड़े ढांक से नीचे गिर गई राजेन्द्र गर्ग राज्य सरकार ग्रामीण स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल मैदानों को विकसित कर रही है ताकि ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिल सके खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने आज बिलासपूर जिले के लेठवीं में स्थानीय क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन अवसर पर यह जानकारी दी उन्होंने युवाओं से खेलों में भाग लेने का आहवान किया धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम क्मार ध्मल ने आज हमीरपुर ज़िले के टौणीदेवी में राम जन्म भूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के तहत शोभा यात्रा में भाग लिया

बिजली बोर्ड अतिरिक्त मुख्य सचिव व बिजली बोर्ड के अध्यक्ष राम सुभग सिंह ने जनजातीय क्षेत्रों में बेहतर विद्युत आपूर्ति और उचित वोल्टेज की प्रतिबद्धता दोहराई है

आजाद लाहौल स्पीति ज़िले में आजाद थर्ड फ़ंट के संस्थापक शाम आजाद ने तांदी संगम पर विद्युत परियोजना न बनाने की वकालत की है आगरा में हुई हिमालय हिंद महासागर राष्ट्र समूह की दो दिवसीय बैठक में उन्होंने कहा कि आदि काल से ही लाहौल स्पीति ज़िले में बहने वाली चंद्र व भागा नदियों के संगम स्थल तांदी में मरणोपरांत लोगों के अस्तु प्रवाहित किए जाते हैं और ये धार्मिक आस्था का केन्द्र है ऐसे में इस स्थान पर प्रस्तावित विद्युत परियोजना को निरस्त किया जाए इस संबंध में उन्होंने आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर इन्द्रेश कुमार को भी एक पत्र सौंपा